रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय नौसेना के लिए दो खरब दस अरब रूपये से अधिक लागत के एक सौ ग्यारह यूटिलिटी हैलीकॉप्टर खरीदने की स्वीकृति दी गई है रक्षा मंत्रालय की रणनीतिक भागीदारी के तहत मंजूर की गई यह पहली परियोजना है इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना है रणनीतिक भागीदारी यानी एसपी मॉडल के तहत किसी भारतीय रणनीतिक भागीदार द्वारा विदेश के मौलिक उपकरण निर्माता से आधूनिक तकनीक प्राप्त कर देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन का प्रावधान किया गया है

इनमें से दस मिसाइल प्रणालियां भारत में ही बनाई जायेंगी इससे पोत रोधी मिसाइल प्रणाली के खिलाफ जहाजों की सुरक्षा क्षमता में मजबूती आयेगी

भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार पर बाजारों में विशेष खरीददारी देखने को मिली आज सुबह से ही राखी और भिठाइयों की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ लगी हुई है कल रक्षाबंधन से पूर्व प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं की ओर से रक्षा सूत्र बांधने के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये जयपूर में पूलिस कभिश्नरेट की ओर से सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूक बधीर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर रक्षाबंधन पर्व से पूर्व विशेष आयोजन हुआ जिसमें महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी जैसलमेर में कल बैलट एक्स आर्मी के जवानों को सीनियर बालिका विद्यालय की छात्राओं ने रक्षास्त्र बांधा रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी है

प्रशासन ने कल देर रात दोनों सम्रदाय के लोगों से अलग अलग बैठके ली

सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है कर्फ्यू के कारण आमजन को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परेशान होना पड़ रहा है

इस मौके पर आज प्रदेश भर में संस्कृत विद्वानों के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है राज्यपाल कल्याण सिंह ने संस्कृत दिवस पर प्रदेश की जनता संस्कृत प्रेमियों और विद्यार्थियों का आहवान किया है कि वे संस्कृत को जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सकिय भागीदारी निभायें

यह मेला एक महीने तक चलेगा हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि र्मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किये हैं

राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हये बताया कि यह राशि राजस्थान की स्थापना से लेकर अब तक की किसी भी पंचवर्षीय योजना से अधिक है

केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभ मिल रहा है